उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इसे सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्मस का सिलसिला आज एक नये पड़ाव पर पहुंचा है

इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट फेसलेस अपील और टेक्सपेयर चार्टर जैसे बड़े रिफार्मस हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से पिछले छह सात साल में रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या लगभग ढाई करोड़ बढ़ गई है

मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा भिन्न भिन्न कर के व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको मैं आग्रह करूंगा इस पर हम सबको चितंन करने की जरूरत है देश को आत्म चिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है अनिवार्य है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की कुशलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा कर सुधारों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शॉर्टकट देश के विकास के लिए ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि नीतियां और कानून लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए प्रधानमंत्री ने फेसलेस असेसमेंट यानि करदाता और जांच अधिकारी की पहचान गुप्त रखने की व्यवस्था का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि इससे करदाता आश्वस्त हो सकेगा कि विभाग द्वारा किसी प्रकार की छानबीन निष्पक्ष शिष्ट और तर्कसंगत तरीके से की जाएगी श्री मोदी ने कहा कि करदाता चार्टर देश की विकास यात्रा में एक बडा कदम है

सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण किया जा सकता है पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए बैटरी के निर्माण प्रकार या अन्य किसी तरह की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है गौरतलब है कि केन्द्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है मंत्रालय ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण और तेल आयात में कमी करने के लिए मिलकर काम करने का समय आ गया है कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है दुर्ग जिले में आज सुबह प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बारह नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें भिलाई के एक ही परिवार के चार सदस्य शामिल हैं वहीं रायगढ़ जिले में अटठाईस नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें पुलिस की छठवीं बटालियन के करीब चौदह जवान भी शामिल हैं खबर मिली है कि अंबिकापुर में आज बारह लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक पत्रकार और कैमरामैन भी शामिल है इधर जांजगीर चांपा जिले की कोरोना संक्रमित एक युवती की बिलासपुर के सिम्स में उपचार के दौरान मौत हो गई यह युवती पामगढ़ क्षेत्र के बिलारी गांव की रहने वाली थी जिसे ग्यारह अगस्त को सिम्स में भर्ती कराया गया था राज्य में कल देर रात तक कोरोना संक्रमण के पांच सौ सड़सठ नये मामले सामने आए थे इनमें से एक सौ बयासी मरीज रायपुर जिले से मिले थे वहीं कल रायपुर में तीन और दूर्ग में दो मरीज सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी कोरोना जांच राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना वायरस जांच की सुविधा लगातार बढ़ा रही है राज्य में प्रतिदिन अब करीब ग्यारह हजार कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं वर्तमान में एम्स अस्पताल रायपुर के अलावा प्रदेश के सभी छह शासकीय मेडिकल कॉलेजों में आरटी पीसीआर और सोलह केन्द्रों में ट्रू नॉट मशीनों से तथा सभी जिलों में रैपिड एंटीजन किट से सैंपलों की जांच की जा रही है इसके अलावा प्रदेश के तीन निजी लैबों में भी आरटी पीसीआर तकनीक से सैंपलों की जांच की अनुमति दी गई है वहीं दो अस्पतालों में ट्र नॉट विधि से कोरोना संक्रमण की पुष्टि के लिए सैंपलों की जांच की जा रही है प्रदेश में कोरोना वायरस के लक्षणरहित और हल्के लक्षण वाले मरीजों के उपचार के लिए राज्य के एक सौ छिहत्तर कोविड केयर सेंटरों में बीस हजार से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की गई है वहीं गंभीर मरीजों के लिए करीब पांच सौ वेंटीलेटर्स के साथ चार सौ पैंतालीस आईसीयू और दो सौ छियानवे एचडीयू बिस्तरों की व्यवस्था की गई है साथ ही रायपुर और बिलासपुर जिले में कुछ निजी अस्पतालों को भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के उपचार की अनुमति दी गई है इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में आने वाले गंभीर रोगियों को आईसीय में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बीस नये अत्याधुनिक वेंटीलेटर लगाए गए हैं ये वेंटीलेटर हाल ही में स्विटजरलैंड से प्राप्त हुए हैं ये सभी उपकरण रोगियों की मॉनिटरिंग और वेंटिलेशन की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं खरीफ वर्ष पंजीकृत किसान छत्तीसगढ़ सरकार ने धान और मक्का खरीदी के लिए पिछले खरीफ वर्ष में पंजीकृत किसानों को चालू विपणन वर्ष के लिए मान्य करने का निर्णय लिया है इस तरह से इन किसानों को इस वित्तीय वर्ष के लिए भी पंजीकृत माना जाएगा पंजीकृत किसानों का डेटा अद्यतन करने का कार्य सत्रह अगस्त से शुरू होगा जो इकतीस अक्टूबर तक चलेगा स्वतंत्रता दिवस तैयारी प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं पंद्रह अगस्त पर राज्य स्तरीय समारोह राजधानी रायपुर के स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे ध्वजारोहण के बाद पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों की टुकड़ियों द्वारा सलामी दी जाएगी इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा जनता के नाम संदेश दिया जाएगा

इस सिलसिले में रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया इस मौके पर सुरक्षा बलों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की जिसके बाद परेड मैदान को चारों ओर से सील कर दिया गया गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस साल कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य जिला ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में स्कूली छात्र छात्राओं को एकत्रित नहीं किया जाएगा साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं किया जाएगा वहीं तहसील और जनपद स्तर पर सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा

ये सभी माओवादी अलग अलग थाना क्षेत्र से हैं मिली जानकारी के अनुसार इन समर्पित माओवादियों में से तीन पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित था इन माओवादियों पर हत्या लूट आगजनी सहित अन्य माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है इधर बीजापुर जिले में बीती रात माओवादियों ने आवापल्ली से बासागुड़ा के बीच तिम्मापुर के करीब सड़क को काटकर आवागमन अवरूद्व कर दिया था सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और मार्ग की मरम्मत कर आवागमन को बहाल किया एसीबी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज रिश्वत लेने के दो अलग अलग मामलों में दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में एसीबी की टीम ने बिल्हा नगर पंचायत में पदस्थ एक कर्मचारी को ठेकेदार से प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त को कम कराने के नाम पर कथित रूप से बीस हजार रूपये की घुस लेते हए गिरफ्तार किया है वहीं सरगुजा जिले के जल संसाधन विभाग कार्यालय में भी आज एक क्लर्क को एसीबी टीम ने सात हजार रूपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है एबीवीपी प्रदर्शन राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा ऑनलाइन लिए जाने पर परीक्षा शुल्क माफ करने और दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने से आ रही समस्याओं के निराकरण की मांग की गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में नये छात्रों का दाखिला शुरू हो गया है दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है जशपुर नवाचार जशपुर के नगर पालिका क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए स्कूली छात्रों को केबल टीवी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा जशपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि कोरोना महामारी के दौरान छात्र शिक्षा से वंचित न हो इसके लिए जिले में ग्यारह सौ घरों के करीब बाईस सौ बच्चों को केबल टीवी के माध्यम से शिक्षा से जोड़ा गया है इसके अलावा मोटरसाइकिल गुरूजी मोहल्ला क्लास लाउड स्पीकर शिक्षा और पढ़ई तुंहर दुआर योजना के तहत भी वर्चअल कक्षा का संचालन किया जा रहा है अधिकारियों ने बताया कि मोटरसाइकिल गुरूजी के माध्यम से शिक्षक गांव गांव पहुंचकर मोटरसाइकिल पर ही बोर्ड रखकर किसी सुरक्षित स्थान पर बच्चों की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं वहीं बगीचा विकासखंड में पहाड़ी कोरवा परिवार के बच्चों को गिटार हार्मोनियम और अन्य वाद्य यंत्रों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है नेपियर घास दुर्ग जिले में स्थित कामधेन् विश्वविद्यालय द्वारा बेहतर पैदावार वाली नेपियर घास पशुपालकों को वितरित की जा रही है इस नेपियर घास को हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है यह एक बहवर्षीय चारा फसल है इसके तने को एक बार लगाकर पांच से सात साल तक लगातार पैंतालीस से साठ दिनों के अंतराल में हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है राज्य के जो भी पशुपालक नेपियर घास की नोड या तनों को लगाना चाहते हैं वे महाविद्यालय के चारा इकाई के प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं होम हर्बल गार्डन योजना राज्य में चलाए जा रहे लोक स्वास्थ्य परंपरा संवर्धन अभियान के तहत निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण जारी है इसी कड़ी में आज और कल बिलासपुर जिले के संजीवनी मार्ट वन कार्यालय परिसर में सुबह ग्यारह बजे से शाम चार बजे तक जीवनरक्षक औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा गौततलब है कि इस योजना के तहत गिलोय अडूसा तुलसी पीपली अश्वगंधा सहजन घृतकुमारी आंवला और सतावर जैसे अन्य कई जीवनरक्षक औषधीय पौधों का वितरण किया जा रहा है मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं वहीं क्छ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बने कम दबाव की वजह से आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी हिस्से में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है

वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं

जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब साढ़े चार लाख रूपये बताई जाती है